कांग्रेस घोषणा पत्र राज्य में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है घोषणा पत्र में नगरीय क्षेत्र के नागरिकों से संपर्क के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करने का वादा किया गया है इस योजना के तहत सौ से अधिक सेवाओं की घर पहुंच सुविधा दी जाएगी इसमें बिजली बिल और ड्राइविंग लाइसेंस सहित दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी विभिन्न सेवाएं शामिल हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित कांग्रेस भवन में घोषणा पत्र जारी करने के बाद संवाददाताओं से चर्चा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को मितान के रूप में शामिल किया जाएगा इससे करीब दस हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए प्रसाधन और पुस्तकालय तथा युवाओं के लिए विभिन्न वार्डो में व्यायाम शाला स्थापित करने की बात भी कही गई है घोषणा पत्र जारी करते समय मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया और वन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी भी उपस्थित थे भाजपा घोषणा पत्र प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने अंबिकापुर में भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के लिए जारी इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया गया है इसमें चौबीस घंटे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और नए मास्टर प्लान के तहत अंबिकापुर के विकास सहित अनेक वादे किए गए हैं घोषणा पत्र जारी करने के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री ने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में एक रैली भी निकाली इसमें अंबिकापुर नगर निगम के पूर्व महापौर प्रबोध मिंज सहित अनेक स्थानीय पदाधिकारी भी शामिल हुए

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने एक वर्ष में जो कार्य किए हैं उनकी चर्चा देशभर में हो रही हैं उन्होंने कहा कि हमारी सभी योजनाएं जनता के हित की योजनाएं हैं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां इस वर्ष लगभग उन्नीस प्रतिशत विकास दर्ज किया गया है कार्यक्रम को राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों और विधायकों ने भी संबोधित किया इन सभी ने पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया उधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को निराशाजनक कहा है अपने बयान में पूर्व मुख्मयंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार देने सहित कुछ अन्य वादे भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए थे लेकिन इस एक वर्ष के दौरान इन वादों को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए प्रशिक्षण कार्यशाला प्रदेश में आगामी जनवरी फरवरी महीने में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं इसी कड़ी में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और मास्टर ट्रेनरों के लिए प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आज रायपुर में आयोजित की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब प्रदेश की माताओं को उनकी दूसरी संतान के जन्म के समय भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी गौरतलब है कि इस योजना के तहत पहली संतान के जन्म के समय माताओं को पांच हजार रूपए की राशि तीन किश्तों में दिए जाने का प्रावधान है मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में आज रायपुर में राज्य स्तरीय समिति की पहली बैठक हुई बैठक में दूसरे संतान के समय भी इस योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में चर्चा हुई

कुलाधिपति और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी लोक चेतना के साथ शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने का यह यषस्वी उपक्रम छत्तीसगढ़ को ललित कला के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करता है इस अवसर पर कुलाधिपति ने पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित सुप्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया इसके अलावा प्रतिभाषाली छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया साथ ही शोध करने वाले छात्र छात्राओं को भी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई समारोह के मुख्य अतिथि सीसीआरटी नई दिल्ली के निदेषक ऋषि वषिष्ठ थे इस मौके पर कुलपति डॉक्टर मांडवी सिंह ने बताया कि इस विश्वविद्यालय में बीस से अधिक राज्यों के दो हजार से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं

प्रशिक्षण सम्मेलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आज रायपुर में आयोजित किया गया इसका उद्घाटन राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने किया कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रायपुर के उपमहानिदेशक रोशनलाल साहू ने की इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक एस पनतोड़े विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण अगले वर्ष एक जनवरी से शुरू किया जाएगा यह इकतीस दिसंबर दो हजार बीस तक चलेगा इसके तहत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मल्टी पल इंडीकेटर्स और घरेलू पर्यटन संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाएंगे

इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं इस संबंध में मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आज मंत्रालय में बैठक ली वर्ष दो हजार इक्कीस में होने वाली जनगणना को प्रभावी ढंग से लागू करने और इसके तहत विभिन्न प्रकार के विवरण इकट्ठा करने के लिए गठित अंतर्विभागीय समिति की बैठक में मोबाइल ऐप के उपयोग की जानकारी दी गई इस मोबाइल ऐप में जनसंख्या संबंधी जानकारियों का संकलन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जाएगा जनगणना कार्य के लिए करीब बासठ हजार कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा मोबाइल ऐप से राज्य के अंदरूनी और उन दुर्गम इलाकों में ऑफलाइन तरीके से जानकारी का संकलन किया जाएगा जहां इंटरनेट की सेवा लगातार उपलब्ध नहीं रह पाती घासीदास जयंती सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरू घासीदास की जयंती कल पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरू घासीदास की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेशों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुरू घासीदास ने दुनिया को सत्य अहिंसा और सामाजिक सद्भाव का मार्ग दिखाया उनके उपदेश समस्त मानव जाति के लिए अनुकरणीय हैं उन्होंने सम्पूर्ण मानव जाति को मनखे मनखे एक समान के प्रेरक वाक्य के जरिये यह संदेश दिया कि सभी मनुष्य एक समान है बाबा गुरू घासीदास की जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी रायपुर में कल भव्य शोभायात्रा निकाली गई इसमें प्रदेशभर के सतनामी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए धान खरीदी निरीक्षण कबीरधाम जिले के कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने आज सहसपुर लोहारा विकासखंड के कुछ धान खरीदी केन्द्रों का आकिस्मक निरीक्षण कर धान की गुणवत्ता की जांच की इस दौरान उन्होंने अमानक धान खरीदी करने पर नायब तहसीलदार पटवारी नोडल अधिकारी और धान खरीदी प्रभारियों को नोटिस जारी किया उधर गरियाबंद जिले में मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों ने खाद्य विभाग के विशेष सचिव एलेक्स पॉल मेनन के नेतृत्व में धान खरीदी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया इस दौरान परिवहन ट्रकों पर जीपीएस का निरीक्षण कर टोकन में गाड़ी नंबर नहीं लिखने वालों को चेतावनी दी गई संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास में कल बुधवार को होने वाला जनचौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है अजमेर रेलमंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण इस मार्ग पर चलने वाली दुर्ग जम्मूतवी एक्सप्रेस अट्ठारह और उन्नीस दिसंबर को चंडीगढ़ से होकर अपने गंतव्य तक जाएगी दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों ने दो इनामी माओवादियों को गिरफ्तार किया है